वे एक स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद ने एक टवीट संदेश में मौलाना आजाद को श्रंद्वाजलि अर्पित की थल सेना प्रमुख विपिन रावत ने देश के युवाओं से राष्ट्र और देशवासियों की सेवा के लिए भारतीय सेना में शामिल होने को कहा है कल लुधियाना में उन्होंने देश को अग्रणी बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया जनरल रावत ने कहा कि भारत का तेजी से सर्वागीण विकास हो रहा है उन्होंने ने कहा कि भारतीय संस्कृति उसकी विरासत और नैतिक मूल्य अमूल्य हैं जिन्हें बनाये रखने की जरूरत है रामपुर का ऐतिहासिक अर्न्तराष्ट्रीय लवी मेला आज से शुरू हो रहा है इस मेले का शुभारम्भ राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे ये मेला चार दिन तक चलेगा और इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे मेले के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है इस मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे जिसमें प्रदेश के लोक गायक समेत वॉलीबूड और पंजाबी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे व्यापारिक दृष्टि से भी लवी मेले का बहुत महत्व है इस मेले में सूखे मेवे जैसे बादाम चिलगोज़ा अखरोट खुमानी काला जीरा और सेब के अलावा प्रदेश में बने गर्म उनी वस्त्रों सहित तिब्बत के व्यापारी अपने पश्मीना ऊन गलीचे बूट व गर्म वस्त्रों का भी व्यापार करते हैं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाये हुए हैं हालांकि सुबह शाम के तापमान में लगातार गिरावट जारी है जिससे प्रदेश के जनजातीय इलाकों सहित अधिकतर भागों में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही है पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में फिर बदलाव आयेगा

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है हिमाचल के सेब को नीदरलैंड स्पेन की फ्रूट प्लाई से खतरा शीर्षक से अमर उजाला लिखता है केंद्र ने दोनों देशों से सेब और नाशपाती फलों के आयात पर लगाई बंदिशें

अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल में केल से बारिश बर्फबारी के आसार दिव्य हिमाचल की एक खबर है बंद नहीं होंगे नदियों से सटे कशर इसी अखबार की एक अन्य खबर है कालका शिमला ट्रैक पर चली जादुई ट्रेन धरोहर रेलवे मार्ग पर पहली बार ट्रांसपेरेंट कोच ट्रायल सफल हुआ तो यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधा

अमर उजाला ने खबर को सुर्खी दी है धर्मशाला मेगा इन्वेस्टर मीट होगी स्थगित तैयारियों के लिए कम समय और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फैसला पंजाब केसरी की एक खबर है वाहन पर झंडी लगाने का विधायकों का प्रस्ताव खारिज

दैनिक सवेरा टाईम्स मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है विकास के पैसों को जेब में डालना कांग्रेस की आदत

आपका फैसला की एक खबर हे नौणी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मिला उत्कृष्टता पुरस्कार